उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य रक्षा उत्पादन बढ़ाना नई प्रौद्योगिकी का विकास करना और रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका देना है प्रधानमंत्री कल रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर भारत विषय पर एक संगोष्ठी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि एक आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में विश्वास का माहौल कायम होना जरुरी है उन्होंने कहा कि आजादी के समय देश में रक्षा निर्माण की क्षमता और उसके लिए माहौल काफी अच्छा था लेकिन इस दिशा में कई दशकों तक कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब परिस्थितियां बदल रही हैं क्योंकि अब रक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि वाकनाघाट उत्कृष्टता केन्द्र में पांच विशेषज्ञ प्रशिक्षण कोर्स शुरू किए जाएंगे कल शिमला में प्रदेश कौशल विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक में उन्होंने ये बात कही उन्होंने कहा कि इन कोर्सो में होटल संचालन और प्रबंधन खाद्य व पेय पदार्थ संचालन खाद्य व पेय उत्पादन स्वस्थ व आरोग्य और खाद्य प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कोर्स शामिल हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि कौशल विकास प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है और राज्य सरकार भी प्रदेश के युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उद्योगों की मांग के अनुरूप उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके जनधन योजना केन्द्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज छह वर्ष पूरे हो रहे हैं

योजना का शुभारम्भ करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को देश के गरीब लोगों को निर्धनता के दुष्वक्र से निकालने का महत्वपूर्ण कदम बताया था

प्रधानमंत्री जनधन योजना के लगभग आठ करोड खाता धारकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त हो रहा है

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून की भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है शिमला जिले की ग्राम पंचायत कोटीघाट में भारी बारिश से हुए भूमिकटाव के चलते जहां सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं वहीं सेब की फसल को भी नुकसान पहुंचा है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है कोरोना महामारी पर अमर उजाला की सुर्खी है सरकार कराएगी हर हिमाचली का आईजीजी टेस्ट कितने कोरोना संक्रमित चलेगा पता दिव्य हिमाचल का शीर्षक है कोरोना वायरस का सबसे बड़ा हमला एक दिन में चार मौते

आपका फैसला लिखता है हिमाचल में कोरोना से चार और मौतें लगातार बढ़ रहे मामले हिमाचल दस्तक के अनुसार कोरोना मामले बढ़े तो एंटी बॉडी टेस्ट को मंजूरी दैनिक भास्कर की एक खबर है सोलन मंडी बनेंगे निगम वार्डो के परिसीमन व आरक्षण की प्रकिया पर चुनाव आयोग की रोक फर्जीवाड़ा रोकने को पंचायतों को सोंपी डिजिटल राशनकार्ड बनाने की जिम्मेदारी शीर्षक से अमर उजाला लिखता है पहले खाद्य आपूर्ति विभाग करता था कार्डो का डिजिटाइजेशन

इसी खबर पर पंजाब केसरी का कहना है सिर्फ जेबीटी भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार ही की जाए पैट की नियुक्ति

दैनिक भास्कर लिखता है बारिश से हिमाचल में हलचल

नमस्कार